उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र मेक इन इंडिया फॉर इंडिया और फॉर वर्ल्ड है ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी का विषय है भारतःरक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र

यह प्रदर्शनी हर दो वर्ष में आयोजित होती है जिसमें सैनिक मंचो और हथियारों का प्रदर्शन होता है सांसद तापिर गांव ने केंद्र सरकार से देश के राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाकर उसमें अरुणाचल प्रदेश के एंजी घाटी दराय घाटी कजाब घाटी और कायो घाटी को शामिल करने का आग्रह किया है लोक सभा में कल शुन्यकाल चर्चा के दौरान श्री गांव ने राजनीतिक मानचित्र का यह मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि दिबांग वैली जिले का एंजी घाटी और अंजाव जिले के छकलागम क्षेत्र का कजाब और कायो घाटी को भारतीय राजनीतिक मानचित्र में दिखाया जाना चाहिए

अपने संदेश में राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्यौहार अच्छी फसल की पैदावार की श्रुआत करेगा अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में त्यौहार जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है श्री मिश्रा ने कहा कि हम एक कृषि प्रधान समुदाय होने के नाते अपने अधिकांश त्यौहारों को कृषि और पर्यावरण से जोड़ते है फलस्वरुप हम अपने उत्सवों और समारोहों का निर्माण करते है और कृषि प्रगति के महान संदर्भ में हम हमारी सदियों पुरानी सांस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देते है राज्यपाल ने कहा कि यह दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के बीच उत्सव और समद्धि टोनों को बढ़ावा टेना है

पोर्टल पर दर्ज करायी गयी शिकायतों पर संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून पर अमल करने वाली एजेंसियां निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि गृहमंत्रालय ने देश में साइबर अपराधों से कारगर और समन्वित तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आई फोर सी भी बनाया है

लोअर दिबांग वैली जिला उपायुक्त मिताली नामचूम ने कार्यकारिणी एजेंसियों को उन सभी कंपनियों को ब्लेक लिस्ट करने को कहा जो दिशा निर्देश के अनुसार सौंपे गए कार्यों को निष्पादित नहीं करती है और साथ ही कार्यों को करने में देरी करती है

हालांकि कार्य विभाग ने परियोजना के पूरा होने में देरी के मुख्य कारण के रुप में कई उप ठेकेदारों को काम देने को बताया जिला उपायुक्त ने सभी विभागों को कोई भी परियोजना को प्रस्तावित करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया हापोली वन्य विभाग द्वारा जीरों में आयोजित दो दिवसीय हरित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हो गई प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय वन्य अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत असम जोरहाट आधारित वर्षा वन्य अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया गया था ये प्रशिक्षण मुख्य रुप से बांस एवं केन के संरक्षण उनकी नर्सरी और प्रोपेगेशन तकनी तथा पारंपरिक बांस प्रबंधन और उनके उपयोगों के बारे में जानने पर बल दिया गया है

उदघाटन समारोह योमगो एकॉर्ड के गीत बांस के टोकरी की बुनाई प्रतियोगिता ग्रामीण समुदायों में सांस्कृतिक पर्यटन मार्ग और च्रनौतियाँ पर पैनल चर्चा और कई अन्य कार्यक्रमों के साथ होगी योमगो रीवर पर्व के द्रसरे दिन आलो नगर में कारनिवल बच्चों का कार्यक्रम बांस में सर्वश्रेष्ठ मछली पकाने की प्रतियोगिता अमिन खाने की प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाएगी